मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जनपदों में लम्बित चकबंदी मामलों के छः माह के भीतर निपटारे के दिए निर्देश

कन्नौज में एक सड़क दुर्घटना में कम से कम दस लोगों की मौत पच्चीस अन्य घायल स्कूली विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत परीक्षा पे चर्चा का तीसरा सत्र बीस जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा इसमें पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि छात्र अभिभावक और शिक्षकों को परीक्षाओं में बिना भय और तनाव के भाग लेना चाहिए

मेरे युवा साथी परीक्षाओं के समय हसते खिलखिलाते दिखें पेरेंट्स तनाव मुक्त हो टीचर्स आश्वस्त हों इसी उदेश्य को लेकर पिछले कई सालों से हम मन की बात के माध्यम से परीक्षा पर चर्चा टाउनहॉल के माध्यम से या फिर एग्जाम वॉरियर बुक के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं देश के सभी स्कूलों के कक्षा छः से बारह तक के विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम का आकाशवाणी या दूरदर्शन से प्रसारण सुनने और देखने का अनुरोध किया जा रहा है यह कार्यक्रम दूरदर्शन के डीडी नेशनल दूरदर्शन समाचार डीडी इंडिया तथा आकाशवाणी के मीडियम वेव और एफएम चैनलों पर उपलब्ध रहेगा दिल्ली पुलिस ने जेएनयू हिंसा मामले में नौ संदिग्ध लोगों की पहचान की है पुलिस उपायुक्त जॉय तिर्की ने इस महीने की पांच तारीख को विश्वविद्यालय परिसर में हई घटना के बारे में जारी छानबीन के बारे में कल मीडिया को जानकारी देते हए कहा कि पुलिस संदिग्यों को नोटिस भेज कर उनसे जवाब तलब करेगी उन्होंने कहा कि जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष को भी उन लोगों में देखा गया जिन्होंने विश्वविद्यालय की पंजीकरण प्रक्रिया को अवरुद्व करने के लिए प्रशासनिक ब्लॉक में स्थित सर्वर कक्ष में तोड़फोड़ की उन्होंने कहा कि ज्यादातर विद्यार्थी अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं लेकिन ये लोग उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे हैं उन्होंने कहा कि हिंसा के दौरान क्छ खास विद्यार्थियों को निशाना बनाया गया श्री तिर्की ने बताया कि हिंसा के सिलसिले में तीन मामले दर्ज किए गए हैं जिनकी जांच की जा रही है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई जानकारी से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जेएनयू में हिंसा में शामिल ज्यादातर विद्यार्थी वामपंथी संगठनों के थे बताया जा रहा था जैसे ए बी वी पी वाले आए और मारा ऐसा नहीं हुआ ए बी वी पी के एक दो लोग थे लेकिन ज्यादा लोग लेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थे उन्होंने चार दिन से ये सब काम किया नकाब पहनकर सर्वर तोड़ा सारे सी सी टी वी डिसेबल किए स्ट्रडेट्स को पेरियल हॉस्टल में जाकर मारा और उसके साथ साथ उन्होंने हिंसा का माहौल कायम किया और रैक्षिक सत्रों को रोका सबसे बड़ा अपराध है श्री जावड़ेकर ने कहा कि विपक्षी पार्टियां राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रही हैं

मुख्यमंत्री कल लखनऊ में राज्य के चकबंदी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे मुख्यमंत्री ने जिलेवार समीक्षा करते हुए चकबंदी अधिकारियों से उनके जिले का हाल जाना प्रदेश में चकबंदी के एक लाख से अधिक मामले लंबित हैं मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में लंबित एक सौ पैसठ मामलों के निपटान के लिए भी कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चकबंदी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया है उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे लोगों को स्वैच्छिक चकबंदी कराने के लिए प्रेरित करें मुख्यमंत्री ने चकबंदी प्रक्रिया के दौरान गांवों में गौचर स्थल खलिहान खेल के मैदानों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए स्थान छोड़ने का भी निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने चकबंदी अधिकारियों को लोगों के बीच जाकर उन्हें चकबंदी से होने वाले लाभ के बारे में भी जागरुक करने को कहा अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने एजेंडे के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ऐसे दल झूठ मेव जयते की नीति पर चलते हैं नागरिकता संशोधन कानून पर कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि कुछ पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए इस कानून को लेकर लोगों के बीच झूठ फैलाने का काम कर रही हैं

इसी के अन्तर्गत विभिन्न जगहों पर हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में लखनऊ में अवध शिल्पग्राम में कल से इक्कीस जनवरी तक हुनर हाट का आयोजन किया गया है इसका औपचारिक उद्घाटन आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय अत्यसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे यह हुनर हाट प्रतिदिन प्रातः ग्यारह बजे से रात्रि दस बजे तक खुला रहेगा देश की संस्कृति और समाज को जानने समझने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य ने अरूणाचल प्रदेश को भागीदार राज्य बनाया जिससे दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ है अरुणाचल प्रदेश के सांस्कृतिक दल ने पिछले महीने आगता में अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया और साथ ही जत्तर प्रदेश के पारपरिक खान पान का भी जायका लिया उत्तर प्रदेश के अनेक कलाकारों ने भी अरुणाचल प्रदेश में अपनी प्रस्तुति दी संस्कृति विभाग के संयुक्त निदेशक वाईपीसिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा अरुणाचल के कलाकार उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश गए इन दोनों कलाकारों के माध्यम से जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ इससे जो है राष्ट्रीय हितता मजबूत हुई है हाल ही में लखनऊ स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में भी महीने के हर दूसरे शुक्रवार को एक भारत श्रेप्ठ भारत दिवस मनाने का फैसला किया है विस्वविद्यालय ने इस अभियान से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन साल भर करने के लिए एक क्लब का भी गठन किया है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

दुर्घटना जिले के छिबरामऊ थाने के गांव धिलोई के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय हुई जब यात्रियों से भरी एक बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई पुलिस के अनुसार बस में करीब चवालीस यात्री सवार थे बस कन्नौज से जयपुर जा रही थी सभी घायलों को उपचार के लिए निकट के छिबरामऊ और तिर्वा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपये और घायलों को पचास पचास हजार रूपये की आर्थिक मदद की घोषणा की हैं मुख्यमंत्री ने सभी घायलों को निशुल्क और हरसंभव उपचार उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं

प्रयागराज में संगम तट पर कल तड़के से ही कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्वालु स्नान के लिए पहुंचना शुरू हो गए और दिन भर यह कम जारी रहा कल से संगम तट पर माघ मेला भी शुरू हो गया जिसमें देश भर से श्रद्वालु पहुंच रहे हैं तैंतालीस दिनों तक चलने वाले माघ मेले का समापन अगले माह इक्कीस फरवरी को महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ होगा संगम तट पर कल्पवास के लिए भी श्रद्दालु और साधु संत जुट रहे हैं